आने वाले त्योहारों सर्दियों और आर्थिक गतिविधियों की शुरूआत को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है श्री मोदी ने एक ट्वीट में लोगों से कोरोना संक्रमण से संघर्ष से एकजुट रहने की अपील की उन्होंने हमेशा मास्क जरूर पहनें हाथों की साफ सफाई रखने दो गज की दूरी के नियम का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविडसे संघर्ष एक जन आंदोलन है और इसे कोविड योद्वाओं के समर्पण से शक्ति मिली है गौररतलब है कि कोविड संकमण की रोकथाम के उपायों में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया यह जन आंदोलन कम लागत और दूरगामी प्रभाव का अभियान साबित होगा अभियान की सफलता के लिए केन्द्र सरकार के मंत्रालयों तथा राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रदेश के विभागों द्वारा संगठित कार्य योजना लागू की जाएगी अधिक संकमण वाले जिलों में अभियान के संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा आसानी से समझ में आने वाले सरल संदेशों पर विशेष रूप से जोर दिया जाएगा ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक आंदोलन का उद्देश्य पहुंच सके

श्रीगंगानगर में नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों ने शहर में मास्क वितरण किया इस दौरान उन्होंने बिना मास्क घूम रहे लोगों को समझाया और मास्क पहनाया वहीं बूंदी में जिला कलक्टर ने आज कोरोना वॉरियर्स को शपथ दिलाकर जागरूकता अभियान की शुरूआत की दौसा में भी एनएसएस की ओर से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई

न्यायालय ने आज राज्य सरकार की ओर से चुनाव टालने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए एक सप्ताह में राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से यह भी कहा कि यदि चुनाव प्रक्रिया में अधिक समय लगता है तो वह हाईकोर्ट में याचिका दायर करें

इसके लिए अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जाएगी वहीं जयपुर के दो न्यायालयों में सात नए पदों के सूजन को भी मंजूरी दी गई है

इस अवसर पर गाजियाबाद स्थित वायुसेना केन्द्र हिंडन में परेड समारोह का आयोजन किया गया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वायुसेना दिवस पर वायु सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं